पीईटी और पीपीटी के नतीजे घोषित पीईटी में रायपूर के मिहिर बानी और पीपीटी में बिलासपुर के अनिमेश पाल ने हासिल किया पहला स्थान

मंत्रिमंडल फैसले केन्द्र में नवगठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किसानों और व्यापारियों के कल्याण के लिए चार महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसका लाभ देश के सभी किसानों को देने का फैसला किया इससे पहले दो हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा था नई दिल्ली में कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि संशोधित योजना के अंतर्गत किसानों के बैंक खाते में एक वर्ष में तीन किश्तों में कुल छह हजार रुपये की राशि अंतरित की जाती है अभी तक जो प्रावधान था उस प्रावधान के अंतर्गत साढ़े बारह करोड़ किसान इस योजना के अंतर्गत कवर होते थे दो करोड़ किसान ऐसे थे जो अभी इस योजना से छूट रहे थे जो दो हेक्टेयर तक का बंधन मंत्रिपरिषद में समाप्त कर दिया है अब सभी किसान इस योजना में पात्र होंगे दो करोड़ किसान और जुड़ जाएंगे तो यह संख्या साढ़े चौदह करोड़ हो जाएगी एक अन्य बड़े फैसले में प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को मंजूरी दी गई इसके अंतर्गत लघ् और सीमांत किसानों को साठ वर्ष की आयु के बाद तीन हजार रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी इस योजना में शामिल होने के लिए किसानों की आयु अट्ठारह से चालीस वर्ष के बीच होनी चाहिए मंत्रिमंडल ने छोटे व्यापारियों के लिए भी पेंशन योजना को स्वीकृति दी है इसका उद्देश्य दुकानदारों खूदरा व्यापारियों और स्व रोजगार करने वालों को सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है उन्हें साठ वर्ष की आयु के बाद तीन हजार रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी सरकार ने मवेशियों के मुंह और पैरों की बीमारियों पर काबू पाने के लिए विशेष योजना को भी मंजूरी दी है संसद सत्र सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र सत्रह जून से शुरू होगा राज्यसभा की बैठकें इस महीने की बीस तारीख से होंगी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि संसद का सत्र छब्बीस जुलाई तक चलेगा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव उन्नीस जून को कराया जाएगा राष्ट्रपति बीस जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण चार जुलाई को संसद के पटल पर रखा जाएगा जबकि केन्द्रीय बजट पांच जुलाई को पेश किया जाना है सोनिया गांधी संसदीय दल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को कांग्रेस के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों की आज दिल्ली में हुई बैठक में कांग्रेस संसदीय दल का नेता फिर से चुन लिया गया है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनका नाम प्रस्तावित किया केरल और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सांसदों ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया और पूरे संसदीय दल ने इसका समर्थन किया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 पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि संसद के आगामी अधिवेशन के लिए पार्टी की रणनीति तैयार की जाएगी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सामान्य प्रशासन विभाग को यह सुविधा शुरू करने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में कॉमन हेल्पलाइन नंबर निर्धारित करने को कहा है जिसमें आम नागरिक किसी भी शासकीय सेवा प्राप्ति में हो रहे विलंब अथवा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत दर्ज करा सकें

राज्य शासन ने महाधिवक्ता कनक तिवारी का इस्तीफा मंजूर होने के बाद श्री वर्मा की नियुक्ति का आदेश जारी किया है विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने नई नियुक्ति की पुष्टि करते हुए बताया कि कनक तिवारी ने महाधिवक्ता के रूप में काम करने में अनिच्छा जाहिर की थी

पीईटी में रायपूर के मिहिर बानी ने पहला स्थान प्राप्त किया है रायपुर के ही सिद्वेश पांडेय दूसरे और दुर्ग के अभिनव अग्रवाल तीसरे स्थान पर रहे

इसी तरह पीपीटी में बिलासपुर के अनिमेश पाल ने प्रथम स्थान हासिल किया है दूर्ग के अनिरूद्ध सान्याल को दूसरा और सरगुजा के अर्पित अंबस्था को तीसरा स्थान मिला है पीपीटी की टॉप टेन सूची में दुर्ग के चार कोरबा के दो तथा रायपुर बिलासपुर सरगुजा और सूरजपुर के एक एक विद्यार्थी को जगह मिली है पीईटी के जरिये इंजीनियरिंग कृषि अभियांत्रिकी और डेयरी टेक्नोलॉजी तथा पीपीटी के जरिये डिप्लोमा इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा

यह परीक्षा दो पालियों में सुबह साढ़े नौ बजे से साढ़े ग्यारह बजे तक और दोपहर ढाई बजे से शाम साढ़े चार बजे तक होगी परीक्षा के लिए इकतीस परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं इसमें बारह हजार सात सौ अट्ठारह परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे स्थानीय भर्ती छूट बस्तर और सरगुजा संभाग तथा कोरबा जिले में विभिन्न विभागों के जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए केवल संबंधित जिले के स्थानीय नागरिक ही पात्र होंगे राज्य शासन ने स्थानीय निवासियों के पात्रता की अवधि अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ा दी है सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंधित जिलों के कलेक्टर को पत्र लिखकर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं मतदाता सुची प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता सूची में फिर से नाम जोड़ने संशोधन और विलोपन का कार्य शुरू हो गया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि पात्र व्यक्ति और अट्ठारह वर्ष की उम्र पूरी कर चुके लोग अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए प्रारूप छह में आवेदन कर सकते हैं इसके लिए आवेदन तहसील कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को स्वयं या पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं जांच और सत्यापन के बाद पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे परिवहन बैठक प्रदेश में वाहन चालकों को अब प्रशिक्षण के बाद ही ड्रायविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज परिवहन विभाग की बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईवे पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रकों और भारी वाहनों में नंबर प्लेट तथा पार्किंग लाइट लगी होनी चाहिए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

अगले दो तीन दिनों में इसके अरब सागर के अन्य हिस्सों में पहंचने के आसार हैं इस बीच छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है वहीं कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बयालीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस बिलासपुर में दर्ज किया गया मौसम विभाग के मुतातिब अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है